यह लाइन जनकपुरी पश्चिम को बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से जोड़ती है प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उदघाटन किया देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल कर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यात्रा कर सकेंगे वर्चुअल माध्यम से समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार तेजी से शहरीकरण के जरिये चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि यह भविष्य की जरूरतों के लिए शहरों का विकास करने का प्रयास है यह सरकार के त्वरित सुशासन उपलब्ध कराने के प्रयासों से संभव हुआ है उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षो के दौरान मेट्रो लाइन बिछाने में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है

प्रदेश में सक्रिय कोविड मामलो में कमी आई है

प्रदेश के हरदा दतियाि सवनी भिंड अशोकनगर डिंडोरी और बुरहानपुर जिलों में कल एक भी नया कोविड पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है अधिकतम कोविड पॉजिटिव मामले इंदौर और भोपाल में बने हुए है

ब्रिटेन से पिछले दिनों इंदौर और भोपाल लौटने वाले यात्रियों के कोविड टेस्ट तज चबत माध्यम से कराये जा रहे है

कॉलेज कोरोना प्रदेश में कोरोना प्रोटोकाल के बीच एक जनवरी से प्रायोगिक कक्षाओं के लिए खुल रहे कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति स्वैच्छिक रहेगी परीक्षा छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजनाओं आदि में छात्रों की उपस्थिति की अनिवार्ययता को उच्च शिक्षा विभाग ने हटा दिया है इसी के साथ सभी संकायों में पहले से चल रही ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित होती रहेंगी उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि कॉलेजों में किसी भी तरह की सामूहिक गतिविधि जैसे प्रार्थना खेलकूद आदि पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा इसी के साथ विश्वविद्यालय और कॉलेजों को छात्रावास खोलने की अनुमति भी नहीं रहेगी पुस्तकालय से पुस्तकें मिलेंगी लेकिन वहां बैठकर पढ़ने की अनुमति नहीं होगी वहीं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की अंडर ग्रेजुएट के सातवें आठवें सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित होंगी मौसम हिंद महासागर में चक्रवातीय गतिविधियों के चलते और पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी के असर से प्रदेश में आज से फिर ठंड बढ़ने के आसार हैं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक कई हिस्सों में कल से फिर शीतलहर चल सकती है

बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी